राज्य सरकार प्रदेश की स्वच्छता दूत रहीं कुंवर बाई के नाम पर हर साल डेढ़ लाख रूपये का राज्य स्तरीय विशेष पुरस्कार देगी आगामी एक अप्रैल से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के अट्ठाईस और विकासखंडों को शामिल किया जाएगा सुकमा जिले में उनतीस माओवादियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान के झुंझुनू जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समूचे देश में विस्तार का शुभारंभ किया इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाने में उल्लेखनीय प्रगति करने वाले दस जिलों के कलेक्टरॉ को सम्मानित किया इनमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की कलेक्टर शम्मी आबिदी भी शामिल हैं वहीं उल्लेखनीय पहल में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषाहार मिशन एनएमएम और कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया इस मिशन का उद्देश्य शिशुओं में पोषाहार की कमी को दूर करना है गौरतलब है कि लड़कियों को बचाने और पढ़ाने की सरकार की पहल को देशभर के सभी छह सौ चालीस जिलों तक बढ़ाने का कार्यक्रम है अभी यह कार्यक्रम एक सौ इकसठ जिलों में लागू है

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर था तब मुझे ब्जुर्ग क्वर बाई का आशीर्वाद मिला था मैं उन्हें याद करके भावविभोर होता हूं वे हमेशा हमारे दिलों दिमाग में जीवित रहेंगी जो बापू के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करने में पूरी तन्मयता से जुटी थीं प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कुंवर बाई के कार्यों से काफी प्रेरित हुए हैं प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने री ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मां कुंवर बाई हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी उनका जीवन उदाहरण है उन्होंने साबित किया कि जहां चाह हो वहां राह निकल ही आती है कुंवर बाई पुरस्कार राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की स्वच्छता दूत रहीं कुंवर बाई के नाम पर हर साल राज्य स्तरीय विशेष पुरस्कार देगी यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजनादगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में की उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार एक महिला को व्यक्तिगत या फिर स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियों की प्रतिभा साहस और हनर देश में बेमिसाल है डॉक्टर सिंह ने कहा कि जो बेटियां पहले साइकिल से डरती थीं वो आज ट्रक ट्रैक्टर प्लेन और फाइटर प्लेन भी चला रही हैं उन्होंने कहा कि बेटियां आज सरहदों की हिफाजत कर रही हैं छत्तीसगढ़ की बीजापुर और सुकमा के बिहड़ों में भी बेटियां माओवादियों के खिलाफ मोर्चा ले रही हैं इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने जिले में बारह करोड़ रूपए की लागत से एक एजुकेशन हब विकसित करने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि इस शैक्षणिक परिसर में बालिकाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी मुख्यमंत्री ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से स्व सहायता समूहों की तीस महिलाओं को ई रिक्शा तीन हितग्राही महिलाओं को टैक्सी व्यवसाय के लिए वाहन दो महिलाओं को सौर ऊर्जा आधारित मिनी कोल्ड स्टोरेज के लिए भी ऋण राशि के चेक वितरित किए उन्होंने बैंक सखियों को बीस माइक्रो एटीएम भी प्रदान किए साथ ही चौरानवे महिलाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण राशि के चेक दिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय प्रस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज महिला उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया नई दिल्ली में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजधानी रायपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर और जशपुर के बेटी जिंदाबाद बेकरी को नारीशक्ति सम्मान से सम्मानित किया महिला और बाल विकास मंत्री रमशीला साह के साथ विभाग की सचिव डॉ एमगीता और जशप्र के कांसाबेल की बेटी जिंदाबाद बेकरी की पार्वती चौहान ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान ग्रहण किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राजधानी रायपुर में आज महिला और बाल विकास विभाग द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई यह रैली तेलीबांधा तालाब से शुरू होकर मुख्यमंत्री निवास पहुंची और शहर के विभिन्न मार्गो से होते हए मरीन ड्राईव में समाप्त हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने निवास में मोटरसाइकिल रैली का स्वागत करते हुए रैली में शामिल महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दीं उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से समाज में यह संदेश दिया जा रहा है कि महिलाएं किसी भी मामले में कम नहीं हैं और हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं प्रदेश के अन्य जिलों से भी महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं आजीविका मिशन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आगामी एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ के अट्ठाईस और विकासखंडों को शामिल किया जा रहा है इन्हें मिलाकर इन मिशन में शामिल विकासखंडों की संख्या एक सौ तेरह हो जाएगी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस मिशन के तहत पचयासी विकासखंडों को सघन विकासखंड के रूप में चिन्हांकित किया गया है जहां सशक्तिकरण और आजीविका से संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं

डीआईजी रतनलाल डांगी ने बताया कि बीएसएफ की एक सौ चौंतीसवीं बटालियन की टीम दो दिन पहले गश्त पर निकली थी टीम जब गश्त से लौट रही थी इसी दौरान किलेनार की पहाड़ी में कोटकोडो और बचरू के बीच माओवादियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया और उसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी बीएसएफ के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की लेकिन आईईडी ब्लास्ट और फायरिंग में बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट गजेन्द्र सिंह और जवान अमरेश कुमार शहीद हो गए राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए माओवादी हमले की निंदा की है शहीद जवानों को आज पुलिस लाइन कांकेर में पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय आईजी विवेकानंद सिन्हा डीआईजी रतनलाल डांगी और बीएसएफ के आईजी संगकारा ने श्रद्वांजलि अर्पित की इधर शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम ले जाने के लिए राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल लाया गया जहां पर शहीद जवानों को बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवानों ने सलामी दी बाद में जवानों के शव को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया शहीद गजेन्द्र सिंह हरियाणा के भिवानी और शहीद अमरेश कुमार बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे उधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने मुखबिर की सूचना पर उसूर थाना क्षेत्र के जंगल से दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है माओवादी समर्पण सुकमा जिले में आज उनतीस माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया इनमें ग्यारह महिला माओवादी भी शामिल हैं अतिरिक्त प्रलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि विभिन्न माओवादी संगठनों में शामिल उनतीस माओवादियों ने ग्रामीणों के साथ आकर आज कोतवाली थाने में आत्मसमर्पण किया है ये माओवादी विभिन्न इकाईयों चेतना मंडली मेडिकल यूनिट जैसे सहयोगी संगठनों से जुड़े रहे हैं हाथी हमला मौत सूरजपुर जिले में आज हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई जबकि महिला का पति बाल बाल बच गया मिली जानकारी के मुताबिक प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गणेशपुर के जंगल में महिला अपने पति के साथ लकड़ी बीनने गई थी इसी दौरान हाथी ने इन पर हमला कर दिया मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई वहीं पति ने भागकर अपनी जान बचाई

इस बीच एसडीएम और जनपद पंचायत के सीईओ का घेराव भी किया गया दुर्घटना महासमुंद जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक कोमाखान थाना क्षेत्र के टेमरी के पास एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को टक्कर मार दी

वहीं जशपुर जिले के सिंगीबहार गांव में आज जेसीबी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवक घायल हो गए यूनिसेफ कार्यशाला अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सहयोग से चलने वाले कार्यक्रम चेतना के तहत आज बिलासपुर में पुलिस अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई